मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोडा ने लोगों से बढचढकर मतदान प्रकिया में भाग लेने की अपील की

माओवाद प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान का समय अलग अलग निर्धारित किया गया है

अपने ट्वीट में श्री मोदी ने युवाओं और खासतौर से पहली बार मतदाता बने युवा से भारी संख्या में वोट देने का अनुरोध किया है

इस चरण में कल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

आज भी कांग्रेस और भाजपा के कई बडे नेताओं की जनसभाएं हो रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी अविनाश पाण्डे और चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा का राज्य के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं कॉ सम्बोधित करने का कार्यक्रम है जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खण्डेलवाल के समर्थन में आज सिविल लाईन्स में जनसभा हुई इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा राजस्थान के विकास के लिये काम हुए है

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनावी बॉण्ड में फण्ड देने वालों के नाम सार्वजनिक होने चाहिये क्योंकि निर्वाचन आयोग और लोगों को राजनैतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है

इनमें रस्सा कशी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढचढकर भाग लिया इस अवसर पर छात्राओं को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई वहीं प्रतापगढ की अरनोद पंचायत समिति में दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

छठ पर जयपुर के आमेर माता मंदिर में विशेष पूजा रखी गई है मंदिर में सुबह से ही बडी संख्या में दर्शनार्थियों का पहुचना जारी है जिला प्रशासन और मेला समिति की ओर से श्रृद्वालुओं की सुविधा के विशेष इंतजाम किये गये है